चुनाव आयोग ने प्रदेश की आगर सहित आठ राज्यों के विधानसभा उपचुनाव सात सितंबर तक टाले खण्डवा जिले की मांधाता सीट से विधायक नारायण पटेल भाजपा में शामिल वहीं पूर्व मंत्री कन्हैयालाल अग्रवाल कांग्रेस में आये

अब वे केवल बारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण करने की पात्रता पर एनआईटी तथा केंद्र द्वारा वित्त पोषित अन्य प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश ले सकेंगे

आयोग उपचुनाव चुनाव आयोग ने प्रदेश की आगर सहित आठ राज्यों के विधानसभा और एक संसदीय क्षेत्र के उप चुनाव इस वर्ष सात सितम्बर तक टाल दिए हैं

आयोग ने कहा है कि इन क्षेत्रों में चनाव माहौल उचित होने के बाद कराए जाएंगे

इस संबंध में आयोग ने स्पष्ट किया है कि संबंधित प्रावधानों के अनुसार चुनाव कराए जाएंगे चुनाव कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए आयोग की बैठक कल होने की संभावना है त्यागपत्र विघायक प्रदेश कांग्रेस को आज एक और झटका लगा है खंडवा जिले की मांधाता सीट से निर्वाचित विधायक नारायण पटेल ने विधायकी से त्याग पत्र दे दिया है प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है

नारायण पटेल ने इस्तीफे के बाद भाजपा की सदस्यता ली तो उधर आज ही भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कन्हैयालाल अग्रवाल कांग्रेस में शामिल हो गए श्री अग्रवाल को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पार्टी की सदस्यता दिलाई कांग्रेस उन्हें गुना जिले की बमोरी विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बना सकती है

जिनके इस्तीफे से ये सीट खाली हुई है मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

श्री मोदी ने लोगों से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले प्रेरक सामुहिक प्रयासों को साझा करने को कहा है

इस मौके पर सुचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने लोगों को बधाई दी है

कटनी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में आज दो नये मरीज मिले हैं इनमें बरही में पिछले दिनों फर्नीचर व्यापारी की हत्या का आरोपी भी शामिल है

जिले में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा अशोकनगर बैतूल और दमोह जिले में इस शनिवार और रविवार को पूर्णबंदी लागू रहेगी नीमच में दो लोगो ने आज कोरोना की जंग जीती जिले में अब तक चार सौ सन्तान्नवे लोग स्वस्थ हो चुके हैं

जिले में अब तक तीन सौ बयासी लोग कोरोना की जंग जीत चुके हैं

देवास में आज चार व्यक्तियों में संकमण की पुष्टि हुई खंडवा में संकमणमुक्त होने पर दस लोगों को डिस्चार्ज किया गया

तिलक आजाद जयंती लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें श्रद्वांजलि दी है केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी उन्हें भावमीनी श्रद्वांजलि अर्पित की है